राज्य सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि सागर में दो कॉलेजों के प्रस्ताव पर मुहर लगी है

इसके अलावा मध्यप्रदेश में गैर अभिमान्य पत्रकारों को भी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगीं

शिक्षा प्रदेश के पांच जिलों में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए प्रदेश सरकार और गैर सरकारी संगठन पिरामल फाउंडेशन के बीच एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए फाउंडेशन की ओर से आज भोपाल में दी गई जानकारी के अनुसार नीति आयोग द्वारा निर्धारित शिक्षा सुचकांक में सुधार के लिए प्रदेश सरकार ने यह अनुबंध प्रदेश के पांच जिलों बड़वानी दमोह खंडवा सिंगरौली और विदिशा जिले के लिए किया है स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव दीप्ति गौड़ मुखर्जी और पिरामल फाउंडेशन की ओर से श्री मनमोहन सिंह ने पिछले सप्ताह इस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए

प्रदेश भर के शिवालयों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है हमारे उज्जैन संवाददाता ने बताया है कि बाबा महाकाल की भस्म आरती में हजारों की संख्यां में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया आज बाबा महाकाल शहर वासियों का हाल चाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर है उधर बड़वानी जिले के प्राचीन सिद्धनाथ महादेव मंदिर में प्रे सावन महिने में भक्तों की भीड़ लगी रहती है वहीं भोपाल के पास भोजपुर में प्राचीन शिव मंदिर के दर्शन करने बड़ी संख्या में श्रद्वाल पहंचे आगर मालवा जिले के शिवालयों में भक्त भोलेनाथ की प्रजा अर्चना कर रहे हैं डिंडौरी में भी सुबह से भगवान शिव की पूजा अर्चना का दौर जारी है इधर सतना जिले में सभी शिवालयो को सजाया गया है मंदिरों के चारों और मेले जैसा माहौल देखा जा रहा है

ईवीएम जागरुकता भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश के निर्देश पर प्रदेश भर में ईवीएम और वीवीपेट के प्रचार प्रसार हेतु जागरुकता वैन चलाई जा रही हैं राजधानी भोपाल में आज से दो अगस्त तक जागरुकता वैन भोपाल दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में घूमेगी वाहन के साथ चल रहे मास्टर ट्रेनर द्वारा मतदाताओं को ईव्हीएम और वीवीपेट के संचालन और मतदान प्रकिया की जानकारी देंगे इसी तरह दतिया जिले में जागरूकता रथ के माध्यम से मतदाताओं को वीवीपेट मशीन के बारे में जानकारी दी जा रही है दुर्घटना विदिशा में दो मंजिला इमारत गिरने से तीन लोगों की दबकर मौत हो गई है हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह भवन कैलाश चौरसिया का बताया जा रहा है मकान गिरने के कारणों का पता अभी नहीं चल पाया है इस मकान में एक दुकान भी संचालित थी घटना स्थल पर मलवे में दबे लोगों को निकाला जा रहा है घायलों को गुलाबगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है मौसम प्रदेश में मानसुन के कमजोर पड़ने से बारिश का दौर थम गया है बीते दिनों हई बारिश ने कई स्थानों पर हरियाली ला दी है तो तालाबों का जलस्तर भी बढ़ गया है मौसम विभाग ने बताया कि अगले चौबीस घण्टों में प्रदेश के रीवा सागर शहडोल जिलों में कुछ स्थानों पर और ग्वालियर चंबल और जबलपुर जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है हमारे शिवपुरी संवावदाता के अनुसार अभी तक जिले में अच्छी बारिश होने से हरियाली बढ़ी है और पर्यटन स्थलों में भी रौनक आ गई है समाचार संक्षेप में खरगोन में राज्य स्तरीय रोप स्तरीय प्रतियोगिता का समापन हो गया है

मुरैना जिले में राज्य सरकार की जनविरोधी नीतियों को लेकर कांग्रेस यात्रा निकालेगी

शहडोल जिले में बादल छाये रहने के बावजूद बारिश नहीं होने से किसान परेशान हैं